कहा विकास का कोई विकल्प नहीं होता

प्रदेश में नागरिक पुलिस और पीएसी के उन्चास हजार से अधिक कांस्टेबल पदों का परीक्षा परिणाम घोषित

उन्होंने कहा कि व्यवस्थित और वैज्ञानिक आधार पर किये गये विकास कार्य दीर्घकालिक होते है श्री योगी कल नोएडा में दो हजार आठ सौ इक्कीस करोड़ रूपये से ज्यादा की लागत वाली परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे थे उन्होंने कहा कि पिछले तीन वर्षो में नोएडा और ग्रेटर नोएडा के विकास में यह साफ दिख रहा है मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को रोजगार दिलाने के लिये सरकार निरन्तर प्रयासरत है उन्होंने कहा कि अधिकारी सही कार्य करने में बिल्कुल भी नहीं डरे मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के बारे में लोगों की धारणा बदली है और धारणा बदलने में नोएडा की भूमिका बहत अहम है मुख्यमंत्री ने नोएडा के सेक्टर अड़तीस में मेट्रो स्टेशन के पास पांच सौ अस्सी करोड़ रूपये की लागत से बनी मल्टी लेवल कार पार्किंग का भी लोकार्पण किया इसकी क्षमता सात हजार कारों की है इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कई फ्लाई ओवर अंडर पास तथा अस्पताल का भी लोकार्पण किया भारत में कोरोना वायरस कोविड नाइनटीन के संक्रमण के दो नए मामलों का पता चला है इनमें से एक मामला नई दिल्ली और दूसरा तेलंगाना का है संक्रमण के शिकार नई दिल्ली के व्यक्ति ने इटली की यात्रा की थी वहीं तेलंगाना का यात्री दुबई की यात्रा कर चुका था इन लोगों की यात्राओं का और विवरण प्राप्त किया जा रहा है इन दोनों मरीजों की हालत स्थिर है और इन पर बारीकी से निगाह रखी जा रही है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डाक्टर हर्षवर्धन ने लोगों को ईरान जापान दक्षिण कोरिया और सिंगापुर जैसे देशों की यात्रा नहीं करने की सलाह दी है कल नई दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है तथा ब्खार गले की खराबी अथवा सांस लेने में समस्या होने पर मरीज को निकट के चिन्हित चिकित्सालय में ले जाया जाना चाहिए उन्होंने बताया चार स्थान जहां से चाइना के बाहर ज्यादा करोज आ रहे हैं वो हैं सारकथ कोरिया इटली ईरान और जापान

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि विदेश मंत्रालय ईरान में रिथित भारतीय दूतावास से लगातार संपर्क में है और वहां मौजूद नागरिकों के बारे में सभी आवश्यक जानकारी ली जा रही है उन्होंने बताया कि सरकार कोविड नाइनटीन के फैलाव से उत्पन्न हर समस्या से निपटने के लिए तैयार है और इसके लिए मंत्रियों का समूह लगातार निगरानी कर रहा है

सप्ताहभर के शिविर में विमिन्न मंत्रालयों की महिला कर्मचारियों की मध्मेह उच्च रक्तचाप खून की कमी और अन्य समस्याओं की जांच की जायेगी

महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने बताया कि छह करोड़ चौदह लाख से ज्यादा महिलाएं विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं के ईलाज के लिए स्वास्थ्य देखमाल केन्द्रों में गईं और लगभग सत्तर महिलाओं ने सर्वाइकल कैंसर की जांच कराई जिससे पता चलता है कि महिलाओ में व्यक्तिगत चुनौतियों के प्रति जागरूकता बढ़ रही है

प्रदेश सरकार ने कल उत्तर प्रदेश पूलिस के उन्चास हजार पांच सौ अड़सठ कांस्टेबिल के पदों का अंतिम परिणाम जारी कर दिया इनमें पीएसी के अट्ठारह हजार दो सौ आठ आरक्षी शामिल है इस अवसर पर आयोजित एक संयुक्त पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी और पुलिस भर्ती बोर्ड के महानिदेशक राजकुमार विश्वकर्मा ने बताया कि इस परीक्षा में लगभग तेईस लाख अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किया गया था जिसमें लिखित परीक्षा के लगभग एक लाख पच्चीस हजार अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया के अगले चरण के लिये योग्य पाये गये इनके अभिलेखों की संवीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षण तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा के बाद उन्चास हजार पांच सौ अड़सठ अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से चयनित करते हुए चयन परिणाम घोषित किया जा रहा है उन्होंने बताया कि भर्ती में अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को नियमानुसार आरक्षण दिया गया है उन्होंने बताया कि आरक्षी नागरिक पुलिस में पांच हजार नौ सौ छाछठ महिलाए सफल हुई हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज ब्रज क्षेत्र के बरसाना में आयोजित होने वाली लड्ड होली में भाग लेंगे इसके लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं मथुरा के बरसाना में विश्व प्रसिद्व लट्ठमार रंगीली होली की तैयारियां जोरों पर हैं बरसाना की लट्ठमार होली देखने के लिए हर वर्ष पर्यटक भारी संख्या में यहां पहुंचते है हमारे प्रतिनिधि ने बताया है कि रंगीली चौक समेत पूरे बरसाना कस्बे की दीवारों पर सुन्दर चित्रकारी की गयी है प्रदेश के विभिन्न जनपदों में सघन टीकाकरण अभियान मिशन इंद्रधनुष दो के चत्र्थ और अंतिम चरण की कल से शुरूआत हो गयी सोलह मार्च तक चलने वाले इस अभियान में टीकाकरण से वंचित रह गए बच्चों और गर्मवती महिलाओं को जानलेवा बीमारियों से बचाव के टीके लगाए जाएंगे मिर्जापुर जनपद में सघन टीकाकरण अभियान मिशन इंद्रधनुष दो के चौथे चरण की शुरूआत कल मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर ओपी तिवारी ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गुरूसण्डी से की अभियान के अंतर्गत जिले में दो सौ चौतीस टीकाकरण सत्र आयोजित किए जाएंगे उन्होंने बताया कि जनपद के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र विजयपुर गुरूसण्डी और हलिया में सघन टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है जनपद बलिया में जिलाधिकारी श्रीहरिप्रताप शाही ने कल सघन मिशन इंद्रधनुष दो के चौथे एवं अंतिम चरण का श्भारंभ किया इस अवसर पर उन्होंने दो साल तक के बच्चों को पोलियो की ड्रॉप पिलाई जिलाधिकारी ने वहां उपस्थित लोगों को नियमित टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित भी किया जनपद मऊ में जिला विकास अधिकारी राम सिंह वर्मा ने कल हनुमान नगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर बच्चों को पोलियोरोधी ड्रॉप पिलाकर सघन टीकाकरण अभियान की श्रूआत की मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ सतीश चंद्र सिंह ने बताया कि जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में जापानी इंसेफेलाइटिस से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान भी श्रू किया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलंदशहर विधान सभा क्षेत्र के विधायक वीरेंद्र सिंह सिरोही के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है अपने शोक सन्देश में मुख्यमंत्री ने कहा कि वीरेंद्र सिंह सिरोही एक लोकप्रिय जनप्रतिनिधि थे उन्होंने कहा कि श्री सिरोही के निधन से जनता ने अपना एक सच्चा हितेषी और पार्टी ने एक समर्पित नेता खो दिया है मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शान्ति की प्रार्थना करते हुए उनके शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है श्री सिरोही का कल तड़के दिल्ली के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया वह चौहत्तर वर्ष के थे पीलीभीत के शायर कमरुज्जमा उर्फ कमर पीलीभीती का बीमारी के चलते कल निधन हो गया